स्वस्थ होने की दर अड़तालीस प्रतिशत पर पहुंची

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक सौ सैंतालीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार सात सौ पैंतालीस हो गयी है आज सबसे अधिक उन्नीस मामले पूर्वी चम्पारण से सामने आये हैं सुपौल से सत्रह मधुबनी से सोलह पूर्णियां से पन्द्रह और समस्तीपुर तथा सारण से दस दस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं भागलपुर से नौ किशनगंज से आठ सीवान से सात वैशाली और दरभंगा से पांच पांच तथा अररिया भोजपुर और कैमूर जिले से चार चार मामले सामने आये हैं वहीं बक्सर पटना और शिवहर से तीन तीन मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अरवल से दो और गया जहानाबाद तथा पश्चिम चम्पारण जिले से एक एक पॉजिटिव मामले पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर अड़तालीस प्रतिशत हो गयी है अब तक दो हजार दो सौ अंठानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि उनतीस लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि अब तक जो मामले सामने आये हैं उनमें से तीन हजार पांच सौ बारह प्रवासी लोगों के हैं श्री सिंह ने बताया कि होम क्वारेंटीन में रह रहे पांच लाख इकतीस हजार लोगों की स्वास्थ्य जांच हो चुकी है इनमें से दो सौ तैंतीस लोगों में सर्दी खांसी ब्रखार या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है उन्होंने बताया कि इन लोगों में से आठ कोरोना संक्रमित पाये गये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो लाख छत्तीस हजार से अधिक हो गयी है वहीं इस महामारी से अबतक छह हजार छह सौ बयालीस लोगों की मृत्यु हुई है जबकि एक लाख चौदह हजार तिहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं

अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें जिन लोगों को बीमारी है जो लगता है कि आपको कि उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते थे वहीं खायें और दिन भर कुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहें चलते फिरते रहे बिल्कुल बेड बाउंड न हो जायें घर में रहें ये दौर भी गुजर जाएगा केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया में लागातार आ रही इस खबर को गलत बताया है कि कोविड उन्नीस के इलाज में एस्प्रीन दवा काफी कारगर है सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड उन्नीस एक तरह के विषाणु से होने वाला संक्रमण है जिसके प्रभावी इलाज के लिए अभी तक कोई दवा नहीं खोजी जा सकी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों होटलों रेस्तरां शॉपिंग मॉल आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है इसका उद्देश्य कोविड उन्नीस से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है एक रिपोर्ट बाईट सभी होटल शापिंग मॉल रेस्टर्रा धार्मिक स्थलों कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था हो परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे समी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा रेस्टरोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना ले कर जाने की व्यवस्था का बढ़ावा दिया जाएगा खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर खाने के पैकेट छोड़ देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को कम से कम छह फिट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मॉस्क के उपयोग की सलाह दी है आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता जतायी है श्री कुमार आज पटना से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की छह सौ तीस करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है श्री कुमार ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एईएस के बेहतर इलाज के लिए केन्द्र की सहायता से बने बाल गहन चिकित्सा यूनिट और इंसेफ्लाइटिस वार्ड का उद्घाटन किया साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्यबनी के झंझारपुर में प्रस्तावित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के भवन निर्माण कार्य तथा मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के भवन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल डिजिटल माध्यम से बिहार जन संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे इसके लिये पार्टी की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है और दो सौ स्थानों पर टीवी और एलईडी स्क्रीन लगाये जा रहे हैं पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्री शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों से अवगत करायेंगे जनता दल यूनाईटेड के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर असलम आजाद ने कहा है कि इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जायेगा प्रोफेसर आजाद ने कहा है कि नीतीश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाये हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए अब तक चार हजार दो सौ छियासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया गया है

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया गया कि मजदूरों को खाना पानी के अलावा दवाई कपड़े चप्पल और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध करायी गयीं साथ पैदल चल रहे लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद से उनके घर तक पहुंचाया गया हलफनामे में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा भी प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन पानी और रहने की व्यवस्था की गयी है गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर कल भी सुनवाई हुई थी जिसमें न्यायालय ने मजदूरों को सोलह जून तक उनके गृह जिले पहुंचाने का निर्देश दिया था साथ ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये गये थे इस मामले में नौ जून को फैसला आयेगा प्रदेश में आज उत्तराखंड तमिलनाडु गोवा और कर्नाटक से एक एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंच रही है इन रेलगाड़ियों के माध्यम से छह हजार छह सौ प्रवासी कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं कल देश के अलग अलग भागों से दस ट्रेनों के माध्यम से तेरह हजार दो सौ कामगार पहुंचेंगे सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कल तक एक हजार उनचास ट्रेनों के माध्यम से बीस लाख अस्सी हजार लोगों की राज्य वापसी हुई है वंदे भारत मिशन के तहत आज कुवैत से नब्बे अप्रवासी भारतीय विशेष उड़ान से गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से नवासी बिहार के और एक यात्री झारखंड का है बिहार के लोगों को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद बोधगया स्थित क्वारेंटीन केन्द्र भेज दिया गया है जबकि झारखंड के यात्री को विशेष वाहन से गृह राज्य रवाना किया गया प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी अब बस ऑटो रिक्शा टैक्सी और प्राईवेट वाहन से लोग यात्रा के लिये बस स्टैंड एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर आ जा सकते हैं परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इस दौरान यात्रा करने वाले व्यक्तियों के पास परिचय पत्र और टिकट होना अनिवार्य होगा गौरतलब है कि लॉकडाउन के पांचवें चरण में तीस जून तक रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आम वाहनों की आवाजाही पर रोक है शिक्षा विभाग प्रवासी कामगारों के बच्चों का स्कूलों में नामांकन करवायेगा इसके लिये अठाईस हजार टोला सेवकों की मदद ली जायेगी विभाग ने कहा कि प्रवासी कामगारों के बच्चों का सरकारी स्कूल में नामांकन बिना किसी कागजात के होगा हज कमिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो लोग इस बार हज यात्रा पर नहीं जाना चाहते हैं उन्हें पूरी जमा राशि वापस की जायेगी कमिटी ने यह भी कहा है कि अभी तक सऊदी अरब के द्वारा हज यात्रा को रद्द किये जाने की कोई सूचना नहीं दी गयी है पश्चिम चंपारण जिले के धनहा थाना में कोरोना पॉजिटिव पिता पुत्र पर गांव में संक्रमण फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों क्वारेंटीन केन्द्र छोड़कर अपने घर आ गये थे जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है अरवल जिले में कोरोना वायरस के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए सभी प्रखंडों में एक एक प्रचार रथ को रवाना किया गया कोविड उन्नीस के बढ़ रहे मामले को देखते हुये शेखपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है न्यायालय परिसर में वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास वैध पास होगा प्रदेश में एक जून के बाद लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक पन्द्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि ग्यारह प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चार हजार आठ सौ अठहत्तर वाहन जब्त किये गये हैं जबकि एक करोड़ अड़तीस लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार सरकार की नई कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाईट का लोकार्पण किया

नई वेबसाईट पर सभी विभागों की सूचनाओं को एक साथ देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पास सड़क दुर्घटना में मारे गये अरवल के कोईरीअम बारा गांव के चार मजदूरों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गयी है गौरतलब है कि राजस्थान से लौटने के क्रम में इन सभी की सड़क हादसे में मौत हो गयी थी चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक अररिया के फारबिसगंज में लगभग एक सौ बाईस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी दरभंगा में अठहत्तर दशमलव छह पूर्णियां में अड़तीस दशमलव छह पटना में तेईस दशमलव सात सबौर में उन्नीस और सुपौल में सत्रह मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में उठा तूफान समाप्त हो गया है लेकिन उससे बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुयी है मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की चौकी क्षेत्र से पुलिस ने एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की शराब बरामद की है मौके से पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी केन्द्रीय कारा में बंद दो कैदी की आज इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से तीन महिलाओं की मौत हो गयी नवादा के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत बाघी गांव से पुलिस ने आठ साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से कई जाली कागजात और सिम बरामद किये गये हैं खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत बलुआही चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से हथियार के बल पर चार लाख रूपये लूट लिये वहीं जिले के चित्रगुप्त थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास अपराधियों ने एक महिला से दो लाख नब्बे हजार रूपये लूट लिये जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के सोनो चौक के पास से अपराधियों ने एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी घटना से आक्रोशित लोगों ने जमूई देवघर मूख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया अररिया जिले के फारबिसगंज रामपुर दक्षिण में कल एक व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इधर मुंगेर जिले के जमालपुर में पिछले गुरूवार को एक युवक की हुई हत्या के मामले में चार आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है बेगूसराय जिले के बलिया नगर पंचायत के मुख्य मार्ग पर जल जमाव की समस्या को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया भागलपुर जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत उनतीस अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या चार हजार सात सौ पैंतालीस हुई

स्वस्थ होने की दर अड़तालीस प्रतिशत पर पहुंची